यह आंकड़ा प्रदेश की मजबूत चिकित्सा व्यवस्था चिकित्सकों और स्वयं मरीजों के जज्बे का परिचायक है उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यू दर भी राष्ट्रीय दर के मुकाबले कम है वहीं राज्य में कोरोना संकमण के मरीजों की कुल संख्या तीन हजार नौ सौ चालीस हो गयी है इनमें से दो हजार दो सौ चौंसठ मरीज़ ईलाज बाद ठीक हो गए हैं जिनमें से दो हजार लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गयी है

आज प्रदेश के एक सौ छब्बीस नये मरीजों की पुष्टि हुई है

आज जैसलमेर जिले के फलसूण्ड को हाईरिस्क जोन होने से निषिद्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया है जिला कलेक्टर ने फलसूण्ड में घर घर मेडिकल स्क्रीनिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं बाड़मेर जिले के समदड़ी तहसील की ग्राम पंचायत ढींढस की राजस्व सीमा को भी जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफर्यू लगाया गया है

इनके अनुसार एक से दूसरे जिले में आवश्यक कार्य या अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी

चौपहिया वाहन में रेड और ओरेंज जोन में चालक के साथ दो सवारी और ग्रीन जोन में चालक के साथ तीन सवारी और बैठ सकेंगी द्रपहिया वाहन पर रेड और ओरेंज जोन में केवल चालक जबकि ग्रीन जोन में दो व्यक्ति बैठ सकेंगे स्वयं के वाहन से राज्य से बाहर जाने वालों के लिए ऑफलाइन पास जिला कलेक्टर एसपी एसडीओ डीएसपी तहसीलदार आरटीओ डीटीओ और एसएचओ पास जारी कर सकेंगे इसके अलावा ई मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पास के लिए भी आवेदन किया जा सकता है बस या रेल से दूसरे राज्य में जाने के लिए जिला कलेक्टर संबंधित राज्य की मंजूरी मिलने के बाद पास जारी कर सकेंगे दूसरे राज्यों से अनुमति लेकर आने वाले राजस्थानी प्रवासियों को राजस्थान सरकार की एनओसी की जरूरत नहीं होगी

कलेक्टर की ओर से गठित ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर की कोर समिति इनका ध्यान रखकर संबंधित अधिकारियों को जानकारी देंगी राजस्थान से होकर एक से दूसरे राज्यों में जाने वालों को भी राजस्थान से निकलने की अनुमति दी जाएगी

नई दिल्ली से डिब्र्गढ अगरतला हावडा पटना बिलासपुर रांची भुवनेश्वर सिंकदराबाद बैंगलुरू चेन्नई तिरूवनंतपुरम मडगांव जंक्शन मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद और जम्मूतवी के लिए ये गाड़ियां चलाई जाएंगी इनमें आरक्षण केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए ही हो सकता है और रेलवे स्टेशन पर बुकिंग केन्द्र बंद रहेंगे केवल वैध और कंफर्म टिकिट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और उनकी यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच की जाएगी यात्रियों को मास्क लगाना जरूरी होगा केवल वे ही यात्री गाड़ी में सफर कर सकेंगे जिनमें कोरोना संकमण के कोई लक्षण नहीं होंगे गृह मंत्रालय ने इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं

ग्रीन जोन में शामिल श्रीगंगानगर में उपखंड अधिकारी की अनुमति से सैलून खोले जा सकेंगे हालांकि ग्राहकों को स्वयं का तौलिया ले जाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करनी होगी जिला कलेक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने जिले में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी

उधर प्रतापगढ जिले के धरियावद में फंसे श्रमिक नरेन्द्र ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान की गई व्यवस्थाओं की वजह से उन्हें वहां कोई परेशानी नहीं हुई

हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज बैंक और पोस्टऑफिस में भी काम हुआ

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने आज बाड़मेर जिले की बायतू तहसील के भोजासर गांव का दौरा किया उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीणों की स्कीनिंग के साथ प्रवासियों का होम क्वारेंटीन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए बुंदी में आज जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने बाजारों का दौरा कर द्कानदारों और आम जन से समझाइश कर नियमों का पालन करने को कहा बाड़मेर के हाथमा ग्राम पंचायत के बानों का तला गांव में आशा सहयोगिनी ने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है

रेडियों की पहुंच जनजन तक होने के कारण शिक्षावाणी कार्यकम का प्रसारण लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों पढाई में आये गतिरोध को दूर करेगा जिनके पास रेडियो सैट नहीं है वे विद्यार्थी न्यूज ऑन एआईआर एप डाउनलोड कर आकाशवाणी के सभी प्रसारण सुन सकते है

आज इस महत्वपूर्ण दिन को याद करते हए पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि पोकरण परीक्षण एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व को दर्शाता है

जयपुर में दोपहर बाद आसमान में धूल का का गुबार छा गया बीकानेर में दोपहर बाद तेज आंधी आई जिले के कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है वहीं खाजूवाला में बिजली गिरने से कई छप्पर जल गए इस बीच मौसम विभाग ने आज बीकानेर अजमेर भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है

वहीं दौसा भरतपुर करौली धौलपुर सवाईमाधोपुर टोंक अलवर सीकर झुंझुनू जयपुर अजमेर जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है

मण्डी कारोबारी की छह मई से हड़ताल चल रही है हड़ताल के कारण राज्य की दो सौ सैंतालीस कृषि उपज मण्डियों में कामकाज बंद है दूसरी ओर कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेशपाल गंगवार ने कहा कि राज्य में पडौसी राज्यों की तुलना में मण्डी विकास शुल्क कम है उन्होंने कहा कि इस शुल्क से मिलने वाली रकम किसानों की भलाई के लिए खर्च की जाएगी और इसका बोझ किसानों और कारोबारियों पर नहीं पड़ेगा